मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा मंडी का शिकारी देवी मंदिर पर्यटकों के आकर्षण के रूप में होगा विकसित बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट के तहत बंजर जमीन में फल उत्पादन करने की लोगों को दी सलाह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

राज्यपाल ने पर्यटन में सहयोग सुदृढ़ करने और अमेरिका में राज्य के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर सुजित करने पर बातचीत की बंडारू दत्तात्रेय ने अमेरिका के राजदूत को चीन के साथ हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक मुद्दों के अलावा पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में भी अवगत करवाया राज्यपाल ने कहा कि अगर दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध मजबूत बने रहेंगे तो विकास की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहेगी राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टॉपी शॉल व राजभवन का चित्र भेंट कर सम्मानित किया

आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आए भारत में अमेरिका के राजद्रत केनेथ आई जस्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए हिमाचल में निवेश की अपार संभावनाएं उपलब्ध है मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राजदूत से अमेरिका बल्क ड्रग और मैडिकल डिवाईस कंपनियों को हिमाचल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया जयराम ठाकुर ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां इलैक्ट्रिकल और ऊर्जा उपकरणों में निवेश कर हिमाचल को इस क्षेत्र में अग्रणीय राज्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं इस अवसर पर अमेरिका के राजदूत ने कहा कि हिमाचल में निवेश के लिए उपलब्ध अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने में वे मदद करेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कांफैसिंग के माध्यम से अटल आयुर्विज्ञान व अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी की वैबसाईट का आज श्भारंभ किया उन्होंने कहा कि सरकार इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को और अधिक सुद्रढ़ बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी

जयराम ने कहा कि अगले वर्ष से इस विश्वविद्यालय के परिसर में नीट की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने विश्वविद्यालय के लिए साढ़े तीन करोड़ रूपए की अनुदान राशि देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जयराम ठाकुर इस बीच आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों और शिकारी देवी मंदिर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी ज़िले में स्थित शिकारी देवी मंदिर को पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि पुराने ढांचे को हटाकर मंदिर में सराय भवन का निर्माण किया जाएगा जिसमें पर्यावरण मित्र सामग्री और सौंदर्य वास्तुकला का उपयोग होगा इसके अलावा मंदिर परिसर में विश्राम स्थल व वर्षा शालिका और पार्क विकसित किए जाएंगे

जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय के भूमि पूजन के बाद एक जनसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा सरकारों ने चहुमुखी विकास को प्राथमिकता दी है जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं को समझते हुए मदद की है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई उन्होंने लोगों को हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर बनाने की सलाह दी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके महेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को बंजर और जंगल बने खेतों में इस प्रोजेक्ट के तहत फल उत्पादन शुरू करना चाहिए इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा भी किया बिक्रम सिंह उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र व हर वर्ग के विकास के लिए कृतसंकल्प है कांगड़ा ज़िला के जसवां परागपुर क्षेत्र में बढाल से धीमान बस्ती तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये बात कही बिक्रम ठाकुर ने सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए

बाद में उन्होने डाडासिबा व बुहाला में भी विकासात्मक कार्यो का जायजा लिया और जनसमस्याएं सुनी उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा कर शेष को समयबद्ध पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्द है चंबा में ज़िला स्तरीय जनशिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं का निपटारा तुरंत करने के निर्देश दिए

उन्होंने चंबा मैडिकल कॉलेज प्रबंधन को सभी जरूरी टैस्ट अस्पताल परिसर में सुनिश्चित करने को कहा ताकि लोगों को आयुषमान व हिमकेयर योजनाओं का लाभ मिल सकें उन्होंने अस्पताल परिसर में उपलब्ध एसआर लैब में टैस्ट न होने के संबंध में जांच करवाने को भी कहा पठानिया ने शिकायतों को ऑनलाईन भेजने के लिए मैकेनिजम बनाने की बात कही सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्व प्ररा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आज शिमला में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने योजनाओं के कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा सुरेश कश्यप ने सर्दियों में शिमला ज़िले में बर्फबारी के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के संबंध में प्रबंध करने को भी कहा उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए विभाग कार्य करें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके

जागरुकता अभियान भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिये शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से पांच दिवसीय जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला से इस जागरूकता मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए तीन नियमों का पालन करने की अपील की लोकसंपर्क ब्यूरो शिमला के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन मुहिम के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इस महामारी से बचने के लिये जागरूक किया जा सके जागरूकता वाहन लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सही ढंग से मास्क पहनने नियमित हाथ धोने और आपस में दो गज की दूरी बनाये रखने के प्रति जागरूक करेगा

इच्छुक अभियार्थी इग्नू की वैबसाईट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं रैली अटल टनल रोहतांग से सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका हटाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में आज केलंग में एक विरोध रैली निकाली गई बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया राठौर ने कहा कि शिलान्यास पटिटका को हटाना लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है और देशभर के लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात हैं